प्रदेश में कोरोना वायरस से संकमित दो हजार एक सौ छियेत्तर मरीज ईलाज के बाद स्वस्थ हो चुके है

इसके साथ ही इनका आंकडा बढकर तीन हजार सात सौ इक्तालीस हो गया है स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिहं ने बताया कि आज जयपुर में दस उदयपुर और कोटा में नौ नौ अजमेर और पाली में दो दो तथा डूंगरपुर में एक व्यक्ति में संकमण की पुष्टि हुई है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये राज्य के सांसदों और विधायकों से प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर संवाद किया उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की गाईडलाईन के अनुसार लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को राजस्थान में लाने के इंतजाम किए जा रहे है श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेन्सिग की पालना करते हुए मास्क का उपयोग करना बेहद जरूरी है उधर विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड ने राज्य सरकार पर प्रवासी श्रमिकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की गलत और असमंजसपूर्ण नीति के कारण प्रवासी श्रमिक भ्रमित हो रहे है और बडी संख्या में साईकिल से या पैदल ही अपने घरों की ओर रवाना हो रहे है जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड रहा है राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कारण फंसे हुए लोगों के लिए अंतरजिला आवागमन के वास्ते अतिआवश्यक काम होने पर ई पास के साथ ऑफलाईन पास की प्रक्रिया भी शुरू करने को कहा है उन्होंने कहा कि इसके लिए संबंधित थाना और एसडीएम कार्यालय को अधिकृत किया जाये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपूर में प्रवासियों के आवागमन को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा की मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्यावश्यक कार्य होने पर कोई भी श्रमिक अपने गृह स्थान के लिए पैदल नहीं निकले सरकार उन्हें बसों और ट्रेनों के माध्यम से उनके गृह स्थान पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है बाडमेर जिले में लॉकडाउन के कारण फंसे एक हजार दौ सौ प्रवासी श्रमिकों को लेकर आज एक विशेष रेलगाडी बिहार के लिए रवाना की गई जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि इसमें बाड़मेर बालोतरा गुड़ामालानी सिवाना और सिणधरी से श्रमिकों को भेजा गया है

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि पहले हो चुकी परीक्षाओं की डेढ़ करोड़ से अधिक उत्तर पुस्तिकाएं मूल्याकन के लिए अध्यापकों के घर भेजी जाएंगी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संदेश में सभी माताओं को शुभकामनाएं देते हुए माताओं के समर्पण का सम्मान करने और उनकी देखभाल करने की बात कही है कोरोना संकट की इस घड़ी में कई महिलाएं कोरोना वॉरियर्स की भूमिका को साथ मां का फर्ज भी बखूबी निभा रही है दौसा महिला थाने की एसएचओ सीमा शर्मा भी इन दिनों कोरोना योद्वा बनी हुई है सीमा शर्मा को उनकी बेटी व्योमिका ने फोन पर ही मदर्स डे विश किया है

प्रदेश के पाकिस्तान से जुडे सीमावर्ती इलाकों में टिड्डी दलों का हमला जारी हैं कल टिड्डियों के दल बाडमेर मुख्यालय में प्रवेश कर गए हमारे संवाददाता ने बताया कि टिड्डियों को रोकने के किए जा रहे सरकारी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे है मौसम विभाग ने आज प्रदेश के चूरू झुंझुनू और हनुमानगढ जिलों तथा इनसे लगते क्षेत्रों में कहीं कहीं धूलभरी हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है इस बीच कल चुरू और टोंक जिलों में तेज आंधी आई और कहीं कहीं बारिश भी हुई